इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है राजधानी जयपूर में विभिन्न संगठनों की ओर से शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सभी छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में आज गुरू अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है विभाग के निदेशक डॉ समित शर्मा ने बताया कि गुरू पूर्णिमा के दिन एक छात्र एक पौधा और राजकीय कार्यालय में एक कार्मिक एक पौधा की अवधारणा पर जिला कार्यालय ब्लाक स्तरीय कार्यालय आवासीय विद्यालय और छात्रावास परिसर में पौधे लगाये जा रहे है गुरू पूर्णिमा के अवसर पर राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने गुरू पूर्णिमा के अवसर पर कई कार्यकम आयोजित किये जाने के समाचार दिये है मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे आज बीकानेर संभाग के दो दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंची मुख्यमंत्री आज पहले दिन बीकानेर में ही राजस्थान डिजिफेस्ट कार्यक्रम सड़क सुरक्षा ि जागरूकता और हेलमेट वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी मुख्यमंत्री आज ही जनसंवाद कार्यक्रम के तहत बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों से चर्चा करेगी अजमेर में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर प्रतिदिन चढ़ने वाले सैंकड़ों किलोग्राम गुलाब के फूलों से अब खाद तैयार की जाएगी

जिला कलक्टर ने कहा कि यह एक सुखद पहल की गई है जिसके तहत पवित्र मजार से उतरने वाले फूलों की अब बेकद्री नहीं होगी और उसका उपयोग खाद बनाने में किया जा सकेगा भारत सरकार स्वच्छ आइकोनिक प्लेस प्रोजेक्ट के तहत दरगाह कमेटी और हिन्दुस्तान जिंक के संयुक्त प्रयासों से खाद बनाने के इस प्लांट की स्थापना की गई है कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि टोंक जिले के दूनी कस्बे में आरएसीपी प्राजेक्ट के तहत गठित महिलाओं के एक स्वयंसेवी सहायता समूह द्वारा बकरी के दूध से निर्मित साबून बनाया है जिससे चर्म रोग सहित कई बीमारियां सहीं हो सकती हैं श्री सैनी कल जयपूर में आरएसीपी परियोजना की समीक्षा बैठक ले रहे थे उन्होंने इस परियोजना के तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में गति लाने के निर्देश दिए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

श्रम विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यो को सिलिकोसिस मरीजों को प्रमाण पत्र देने को लिये बॉर्ड गठित करने का निर्देश दिया है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 बाडमेर जिले के जसोल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चार करोड़ रूपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्र का निर्माण किया जायेगा इसके लिये वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण से कस्बे और आस पास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी

इस शो में राज्य के अलावा कर्नाटक ग्रजरात हिमाचल प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों से एक से बढकर एक दिव्यांग प्रतिमागी गायन वादन और नृत्य की दमदार प्रस्तुतियां देगें राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह शो आयोजित किया जा रहा है इस शो में टीवी और फिल्मों से जुडी मशहूर हस्तियां मौजूद रहेंगी राज्यभर में वर्षा का दौर कल भी जारी रहा राज्य के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने के समाचार है

भरतपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिलें में तेज वर्षा होने से निचली बस्तियों में जल भराव के कारण समस्या खडी हो गई है सवाईमाघोपुर में कल दोपहर बाद बारिश का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली

इस कार्यकम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं